तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी शपथ ग्रहण के बाद उप मुख्यमंत्री बनाये गये

कैबिनेट में आठ नये चेहरों को जगह मिली

बुलेटिन की शुरूआत से पहले ये संकल्प कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

राजभवन में आज शाम आयोजित सादे समारोह में राज्यपाल फागू चौहान ने श्री कुमार और उनके मंत्रिमंडल के चौदह अन्य सदस्यों को शपथ दिलायी

वहीं नवगठित मंत्रिमंडल में आठ नये चेहरों को शामिल किया गया है भाजपा के कोटे से सात जनता दल यूनाईटेड से पांच और हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा तथा विकासशील इंसान पार्टी से एक एक सदस्य को शपथ दिलायी गयी भाजपा विधानमंडल के नेता तारकिशोर प्रसाद और उप नेता रेणू देवी ने कैबिनेट मंत्री की शपथ ली उन्हें मंत्रिमंडल में उप मुख्यमंत्री बनाया गया है गौरतलब है कि तारकिशोर प्रसाद भी पहली बार कैबिनेट मंत्री बनाये गये हैं विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमरेन्द्र प्रताप सिंह पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है वहीं मूजफ्फरपूर जिले के औराई विधानसभा सीट से निर्वाचित रामसूरत कुमार और दरभंगा जिले के जाले निर्वाचन क्षेत्र से विधायक चुनकर आये जीवेश मिश्रा को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है भाजपा से नये चेहरे के रूप में रामप्रीत पासवान भी मंत्रिमंडल में शामिल किये गये हैं वे मधुबनी जिले के राजनगर विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए हैं वहीं विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी पूर्व ऊर्जा मंत्री विजेन्द्र प्रसाद यादव और जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष अशोक कुमार चौधरी जदयू कोटे से मंत्री बने हैं शीला कुमारी और मेवालाल चौधरी जैसे नये चेहरों को भी मंत्रिमंडल में जगह दी गयी है शीला कुमारी मधुबनी जिले के फुलपरास निर्वाचन क्षेत्र से चुनकर आयी हैं और वे पूर्व मंत्री रहे धनिक लाल मंडल के परिवार से ताल्लुक रखती हैं वहीं मेवालाल चौधरी सबौर कृषि विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति रहे हैं विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी भी मंत्रिमंडल में शामिल किये गये हैं हालांकि वे विधानमंडल के दोनों सदनों में से किसी सदन के भी सदस्य नहीं हैं पहली बार मंत्री बने श्री सहनी सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव हार गये थे वहीं पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के पुत्र संतोष कुमार सुमन हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा के कोटे से मंत्री बनाये गये हैं श्री सुमन अभी विधान परिषद् के सदस्य हैं जीवेश मिश्रा और रामप्रीत पासवान ने पारंपरिक मिथिला परिधान पाग पहनकर मैथिली भाषा में लिया शपथ ग्रहण समारोह में केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा भाजपा के बिहार प्रभारी भूपेन्द्र यादव भाजपा के चुनाव प्रभारी देवेन्द्र फड़णवीस भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे शपथ ग्रहण समारोह के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि वे राज्य की जनता की निष्ठा के साथ सेवा करते रहेंगे

दोनों दलों के किसी भी नेता ने राजभवन में आयोजित कार्यक्रम में भाग नहीं लिया कांग्रेस के भी नेताओं ने शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत नहीं की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज नीतीश कुमार को बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर बधाई दी एक ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री ने नई सरकार में शामिल होने वाले मंत्रियों को भी बधाई देते हुए कहा है कि एनडीए गठबंधन बिहार के विकास के लिये मिलजुल कर काम करेगा और बिहार के विकास के लिये केन्द्र से हरसंभव सहायता दी जायेगी भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व मंत्री नंद किशोर यादव को विधानसभा अध्यक्ष पद के लिये नामित किया है श्री यादव सदन के वरिष्ठ सदस्य हैं और वे पटना जिले की पटना साहिब सीट से निर्वाचित हुए हैं हालांकि अभी तक उनके नाम की आधिकारिक घोषणा नहीं की गयी है नवगठित मंत्रिमंडल की पहली बैठक कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में होगी बैठक कल सुबह साढ़े ग्यारह बजे होगी बैठक में सत्रहवीं बिहार विधानसभा के सत्र बुलाने को लेकर निर्णय किया जायेगा तारकिशोर प्रसाद के मंत्री बनने पर उनके घर में जश्न का माहौल है वे कटिहार से चौथी बार विधायक चुने गये हैं मूल रूप से सहरसा जिले के सलखुआ बाजार निवासी श्री प्रसाद उन्नीस सौ छियानवे में अपने परिवार के साथ कटिहार चले गये थे नवनियुक्त मंत्री के पिता गंगा प्रसाद ने प्रसन्नता जताते हुए कहा कि मंत्रिमंडल में शामिल होने से पूरे कटिहार की प्रतिष्ठा बढ़ी है

सूत्रों के अनुसार पंचायत चुनाव अगले वर्ष मार्च से लेकर मई के बीच कराया जायेगा राज्य निर्वाचन आयोग के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि अगले महीने से मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्य शुरू हो जायेगा पिछले चूनाव का कार्यकाल अगले साल जून में समाप्त हो रहा है दो लाख अंठावन हजार से अधिक पदों के लिए मतदान होगा स्वतंत्र और उत्तरदायी प्रेस बनाये रखने के संकल्प के साथ आज देश भर में राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया गया हर साल सोलह नवम्बर को यह दिवस मनाया जाता है क्योंकि आज ही के दिन भारतीय प्रेस परिषद ने कार्य करना शुरू किया था परिषद् का गठन प्रेस के उच्च मानदंड बनाए रखने और उसे बाहरी पाबंदियों दबावों और खतरों से बचाने के लिए नैतिकता के प्रहरी के रूप में किया गया था सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने मीडियाकर्मियों को शुभकामनाएं दी हैं इस अवसर पर भारतीय प्रेस परिषद द्वारा आयोजित एक वेबिनार में श्री जावड़ेकर ने कहा कि प्रेस की आजादी पर हमला उचित नहीं है साउंड बाईट प्रेस के लोग ही स्वयं एक रिस्पांसिबल फ्रीडम का एक आदर्श देश में स्थापित हो इसके लिए सारी व्यवस्थाओं को सुधार कर उसको ठीक तरीके से चलाने का चौलेंज को स्वीकार करे सरकार इसमें पड़ना नहीं चाहती सरकार हस्तक्षेप करके किसी आजादी को रोकना नहीं चाहती लेकिन यह आपकी जिम्मेवारी है जब सरकार आप पर विश्वास रख रही है तो आप भी रिस्पांसिवल जनर्लिज्म का एक रिस्पांसिबल फ्रीडम का उदाहरण पेश करें और यही हमारी चुनौती है इधर सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि सरकार ने टेलीविजन दर्शकों की संख्या का अनुमान लगाने के लिये टेलीविजन रैकिंग प्रणाली टीआरपी के बारे में एक समिति का गठन किया है जो बहुत जल्द ही अपनी रिपोर्ट सौंपेगी केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि पत्रकार बिरादरी हमारे महान राष्ट्र की बूनियादों को मजबूत करने के लिए अथक परिश्रम कर रही है उन्होंने कहा कि मोदी सरकार प्रेस की आजादी के लिए प्रतिबद्ध है और पत्रकारों की आवाज को दबाने वालों का कडा विरोध करती है उन्होंने कोविड उन्नीस के दौरान मीडिया की भूमिका की सराहना की राज्य के विभिन्न जिलों में भी प्रेस दिवस पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया इस अवसर पर आयोजित गोष्ठियों को विभिन्न जिलों के जिलाधिकारियों ने संबोधित किया पश्चिम चंपारण जिले में कोविड उन्नीस महामारी के दौर में मीडिया की भूमिका पर एक परिचर्चा आयोजित की गयी बिहार में कोविड उन्नीस से ठीक होने वालों की दर बढ़कर संतानवे प्रतिशत से भी अधिक हो गयी है अब तक राज्य में दो लाख बीस हजार से अधिक लोग इस महामारी से स्वस्थ हुए हैं इधर स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रदेश में पिछले चौबीस घंटो के दौरान कोविड संक्रमण के पांच सौ सत्रह नये मामले सामने आये हैं सबसे अधिक एक सौ इक्यासी नये मामलों की पुष्टि पटना जिले में हुई हैं वहीं सहरसा में तैंतीस गया और मुजफ्फरपुर में छब्बीस छब्बीस अररिया नवादा में उन्नीस उन्नीस जहानाबाद और कटिहार में अठारह अठारह नये मामलों की प्रष्टि हुई है राज्य में कोविड उन्नीस के सक्रिय मामलों की संख्या पांच हजार सात सौ बयासी हो गयी है अब तक इस महामारी से एक हजार एक सौ नवासी लोगों की मृत्यु हुई है देश में कोविड उन्नीस से स्वस्थ होने वालों की दर में और सुधार हुआ है और यह तिरानवे दशमलव दो सात प्रतिशत हो गई है पिछले चौबीस घंटों के दौरान तैंतालीस हजार से अधिक मरीज संक्रमण से ठीक हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि अब तक बयासी लाख उनचास हजार से अधिक रोगी इलाज के बाद स्वस्थ हुए हैं इस समय देशभर में कोरोना की प्रष्टि वाले कुल मामलों में से सिर्फ पांच दशमलव दो छह प्रतिशत लोग महामारी से पीड़ित हैं देश में कोरोना रोगियों की कुल संख्या चार लाख पैंसठ हजार है देश में पिछले चौबीस घंटों के दौरान कोरोना से चार सौ पैंतीस लोगों की मौत हुई हैं जिससे देशभर में कोरोना महामारी का प्रकोप फैलने के बाद से हुई मौतों की संख्या एक लाख तीस हजार सत्तर हो गई है चिकित्सा विशेषज्ञों ने त्योहारों के मौसम में कोरोना वायरस के संक्रमण से निपटने के लिए सुरक्षा उपायों के महत्व पर बल दिया है डॉक्टर राजेन्द्र धमीजा ने लोगों को सुरक्षित दूरी बनाए रखने और भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचने की सलाह दी है साउंड बाईट त्योहार तो हर साल आएंगे और आगे भी आएंगे लेकिन कोरोना से लड़ने की जो हमारी इस समय जंग जारी है वह इस समय बहुत जरूरी है और जितना हो सके हम कम से कम बाहर भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाए और जाएं तो अपना काम फटाफट करें और फिर वापिस लौटकर आए और कोशिश करें कि लोगों के घर में ना जाए या लोगों को घर में न बुलाएं अगर कोई आपके घर में कोई आता है तो चाहे वह आपके मित्र हैं रिश्तेदार हैं चाहे वह आपके वर्कर्स हैं

अगर उनको कोई भी लक्षण हैं कोरोना के तो उनको घर में मत आने दें और ज्यादा जरूरी यहीं है कि सब एक दूसरे का बचाव करें संविधान के अनुच्छेद तीन सौ सत्तर के बारे में गुपकार अलायंस के नेता की टिप्पणियों के बाद भाजपा ने आज कांग्रेस की आलोचना की नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि गूपकार अलायंस से ज़ुड़ी पार्टी कह रही है कि वह चीन के साथ तालमेल करके अनुच्छेद तीन सौ सत्तर को वापस ले आएगी उन्होंने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी से जानना चाहा कि क्या वे गूपकार अलायंस के नेताओं की इन टिप्पणियों का समर्थन करते हैं साउंड बाईट बिहार की जनता ने बिल्कुल स्पष्ट वाक्यों में राहुल गांधी जी को और कांग्रेस पार्टी को कहा है च्रपकर च्रपकर देश के विरोध में ना बोल

प्रधानमंत्री को कायर कहा था देश को डरा हुआ छुपा हुआ हारा हुआ कहा था जनता ने बिहार में राहुल गांधी जी को चुपकर कहा है और यहां आकर ये चले हैं बनने गुपकर जिनको चुपकर कहा गया वो गुपकर बनने चले हैं राजधानी पटना समेत राज्य भर में चित्रगुप्त पूजा और भैया दूज का त्योहार पूरी श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया हमारे संवाददाता ने बताया कि पटना सहित प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में भगवान चित्रगुप्त की विशेष पूजा का आयोजन किया गया इधर भाई बहन के अट्रट प्रेम और स्नेह के प्रतीक का पर्व भैया दूज के अवसर पर बहनों ने अपने भाईयों के दीर्घायु होने की कामना की महिलाओं ने अपने भाईयों के सुख और समृद्धि के लिए गोधन कूटने की परम्परा भी निभायी इधर बक्सर जिले के सदर प्रखंड में पहलवानों के बीच दंगल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया प्रखंड के लालगंज में गोवर्धन पूजा के अवसर पर पिछले दो सौ साल से यह आयोजन हो रहा है कोविड के चलते बाहर के पहलवानों को कार्यक्रम में भाग लेने की अनुमति नहीं थी प्रदेश में मौसम के मिजाज में अचानक से बदलाव आया है पिछले चौबीस घंटों के दौरान ठंड में बढ़ोतरी हुई है बेतिया से हमारे संवाददाता ने बताया कि कई स्थानों पर सुबह से ही बूंदाबांदी हो रही है वहीं मुजफ्फरपुर में भी कई स्थानों पर हल्की बारिश हुई है और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर नीतीश कूमार ने सातवीं बार बिहार के मूख्यमंत्री पद की शपथ ली

तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी शपथ ग्रहण के बाद उप मुख्यमंत्री बनाये गये

कैबिनेट में आठ नये चेहरों को जगह मिली